प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़तालें हुई समाप्त

सबसे पहले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें राज्य में एक ही चरण में सात दिसम्बर को चुनाव होंगे और पहली बार सभी मतदान केन्द्रों पर वीवी पैट मशीन का प्रयोग किया जायेगा

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने बताया कि चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है इससे राज्य में स्थानान्तरण और नियुक्तियों पर रोक लग गई है अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी

च्नाव में सभी पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया और उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के लिये कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे श्री कुमार ने बताया कि सरकारी वाहनों हेलीकॉप्टर और विमान के चुनाव कार्यो में उपयोग पर रोक रहेगी उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना जरूरी होगा ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी

अभियान के तहत् आम नागरिको के लिए अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का प्रदर्शन किया जाएगा इसके तहत पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी

राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ पिछले कुछ दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताले खत्म हो गई है सातवें वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल कर रहे रोडवेज कर्मियों ने कल रात संयुक्त मोर्चे की बैठक के बाद हड़ताल समाप्त कर दी इसके साथ ही बसों का संचालन शुरू हो गया है

अन्य खबरें प्रदेश में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना कल से लागू हो गई है

महिला और बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना में राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के साथ स्किम्ड मिल्क पाउडर वितरण के लिए अनुबंध किया गया है

राज्य सरकार ने कल ही जोधपुर और अजमेर के विश्वविद्यालयों के लिए नए कुलपति की नियुक्ति भी कर दी राज्यपाल और कुलाधिपति कल्याण सिंह ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में गुलाब सिंह चौहान तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में आरपी सिंह को कुलपति पद पर नियुक्त किया हैं प्रो चौहान ने कल अपना पदभार संभाल लिया राजफैड द्वारा प्रदेश में चालू महीने में शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर मूंगफली और सोयाबीन की खरीद के लिये ऑनलाईन पंजीकरण कल से शुरू कर दिया गया है पंजीकरण के अभाव में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद संभव नहीं होगी

प्रदेशभर में आज पुलिस उपनिरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित यह परीक्षा दो पारियों में ली जा रही है

अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय प्रवेश पत्र और मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा अभ्यर्थी किसी भी दशा में मोबाइल फोन ब्लूट्रथ डिवाईस हाथघड़ी केलकूलेटर या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं लेकर जा सकेंगे

अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए कार्यों की सूचना मांगी थी जो समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई सीकर के फतेहपुर में कल देर रात बेसवा गांव के पास कुछ बदमाशों ने थानाधिकारी मुकेश कानूनगो और कांस्टेबल रामप्रकाश की गोली मारकर हत्या कर दी थानाधिकारी और कांस्टेबल एक सुचना पर बदमाशों का पीछा कर रहे थे घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जिले में नाकाबंदी करवा दी गई है नागौर अजमेर मार्ग पर इनाणा गांव के पास कल अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी

श्री भवानी निकेतन महाविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी के समापन समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया

यह भारत की वेस्टइंडीज पर सबसे बड़ी जीत है पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया

आठवां सुल्तान जोहोर कप जूनियर प्रुष हॉकी ट्र्नामेंट कल मलेशिया के जोहोर बारू में शुरू हो गया है

आज भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा